नई दिल्ली में लोकपाल की वेबसाइट लांच की गई

न्यायालय आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग सीटीईटी परीक्षा में शामिल होने के इच्छ्क याचिका पर स्नवाई कर रहा था याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि सीबीएसई द्वारा इस वर्ष पि समें सीटीइटी परीक्षा संचालित करने की बात थी उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया गया था लोकपाल की वेबसाइट लांच कर दी गई है

यह भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के कामका और संचालन की ब्नयादी ानकारी प्रदान करता है

इसके बाद मिली शिकायतों की धांच की धा रही है

आ राष्ट्रीय डेंगू दिवस है इस मौके पर प्रदेश भर में कई गह ागरूक्ता कार्यक्रम आयोपित किये गये

इस मौके पर शिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इंदिरा कालोनी रा रीव कालोनी एवं ब् नप्र में लोगों को डेंगू के ब्खार के बारे में ानकारी दी

इस मौके पर डा अनित वास्देव ने बताया कि डेंगू से बचने के लिये ागरूक होना ही सबसे कड़ा तरीका है

सोते समय पूरे शरीर को क कर सोये अथवा मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाली छवाई का प्रयोग करे पलवल मे सिविल अस्पताल में भी आ राष्ट्रीय डेंग् दिवस के उपलक्ष्य में एक श्रागरूकता कार्यक्रम का आयोश्र न किया गया इस मौके पर शि ला चिकित्सा अधिकारी डा प्रदीप शर्मा ने मौपूद लोगों को डेंगू की बीमारी लक्षणों एवं बचाव के बारे में ानकारी दी

फतेहाबाद में भी डेंग् गरूक्ता रैली निकाली गई पि समें स्थानीय नर्सिंग कालेप की छात्राओं ने नागरिको को इस बीमारी से बचाव की थानकारी दी

उपाय्क्त डा मनी राम शर्मा ने कहा है कि परीक्षार्थियों की फाटो युक्त पहचान पत्र से पहचान करने और तलाशी के बाद ही उनहें परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने दिया ायेगा उन्होंने सभी अधिकारियों को आयोग द्वारा परीक्षा प्रक्रिया के संदर्भ में दी गई सभी हिदायतों का सही से पालन करने के आदेश दिये उन्होने बताया कि परीक्षा आरंभा होने के दस मिनट पूर्व अर्थात प्रात नौ बौ कर पचास मिनट के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अन्मति नहीं दी थायेगी

इस मूठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलो ने तीन आंतकवादियों के ऐर कर दिया हमारे संवाददाता ने बताया है कि संदीप की शहादत की खबर मिलते के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई

सुरक्षा बलों ने इलाके के बाहर ने वाले रास्तों को बंद कर दिया इस दौरान आंतकियों ने फायरिंग श्रू कर दी है स्रक्षा बलों द्वारा वाबी कार्रवाई में तीन आतंकी मारे गये बकि वान संदीप क्ठभेड़ में घायल हो गया उसे उपचार के लिए अस्पताल ले भाया गया भाया संदीप ने दम तोड़ दिया था

वह अपने पीछे मां पिता और पत्नी छोड़ गया है

अम्बाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि गन्ना उत्पादक किसानों ने एस डी एम से मिलकर बताया कि श्रगर मिल का वर्तमान पिराई सत्र समाप्त हो च्का है और ये मिल बंद हो गई है मिल द्वारा गन्ने की पेमेंट नहीं करेन से किसानों के सामने कई प्रकार की समस्यायें खड़ी हो गई हे

अम्बाला पि ला विधिक सेवा प्राधिकारण दवारा एक निपी स्कूल में कानूनी साक्षरता शिविर लगाया गया पि समें विद्यार्थियों को पि ला विधिक सेवा प्राधिकरण दवारा प्रदान की थाने वाली सेवाओं की थानकारी दी गई प्राधिकरण के सचिव दानिश ग्प्ता ने बताया कि कोई भी स्त्री बच्चा विकलांग आपदाग्रस्त स्वतंत्रता सेनानी एच आई पी पीडि़त व गरीब व्यक्ति पिनकी आमदन तीन लाख से कम है व किन्नर इत्यादि पिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा म्फ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है